केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़कर ने नई दिल्ली में मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मंहगाई भत्ते में पांच फीसदी की वृद्धि करने का फैसला किया है श्री जावड़ेकर ने इसे त्यौहारों के अवसर पर कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से तोहफा करार दिया

सरकार ने पांच हजार से ज्यादा कश्मीरी परिवारों को भी साढ़े पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है कमलनाथ प्रवास झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पक्ष में रोड शो करने के साथ ही एक आमसभा को संबोधित कर रहे हैं उपच्चनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भानू भूरिया से है

डाक दिवस आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है

विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है

जिसमें हम गांधीजी के प्रदेश प्रवास के संस्मरण और कई जानी अनजानी बातें साझा करेंगे

इस वर्ष की थीम सभी के लिए स्वच्छ हाथ है इसके तहत बच्चों को प्रतिदिन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की सीख दी जायेगी इस संबंध में सभी स्कूलों में हाथ धूलाई के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं इस कार्यक्रम से स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ेगी मौसम प्रदेश में बारिश कम हो गई हैं और अगले कुछ दिनों में मानसून यहां से विदा हो सकता है मौसम विज्ञान भोपाल केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर आर त्रिपाठी ने बताया कि देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रति चक्रवात बन गया है जिससे अगले दो तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कुछ भागों से विदा होना शुरू हो जायेगा

वहीं भारतीय टीम की ओर से झूलन गोस्वामी ने तीन विकेट और शिखा पाण्डे एकता बिष्ट और पूनम यादव ने दो दो विकेट लिये